पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पटना और जहानाबाद में सड़क निर्माण के लिये दो सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे

पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को उन्नीस जनवरी तक बंद कर दिया गया है बरेली पुश चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से आये दो विशेषज्ञों की टीम ने पटना चिड़ियाघर के भ्रमण के बाद इसे बंद रखने का सुझाव दिया था इधर मुंगेर नवादा और भागलपुर के भी कई इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की सूचना मिली है चिकित्सकों ने लोगों से चिकेन और अंडा समेत अन्य पॉल्ट्री उत्पादों का सेवन करने में सावधानी बरतने की अपील की है राज्य में तीन माह के भीतर आध्रनिक चिकित्सा के तहत इकतीस सौ एलोपैथ चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति की जायेगी स्वास्थ्य विभाग ने समान्य प्रशासन विभाग को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया है राज्य सरकार की ओर से नवगठित बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से इन चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने यह जानकारी दी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ग्यारहवीं में पंजीकरण के लिये तारीख बढ़ा दी है अब दस जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है बिना विलंब शुल्क के साथ पांच जनवरी तक की तिथि निर्धारित की गयी थी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा दो हजार अठारह का परिणाम जारी कर दिया गया है अस्सिटेंट प्रोफेसर के लिये चौवालीस हजार एक अभ्यर्थियों ने पात्रता दाखिल की है केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिये इकतीस जनवरी तक केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है ऐसा नहीं करने पर सेवा बंद कर दी जायेगी इस संबंध में केबल ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों को मैसेज भी भेज रहे हैं केवाईसी के लिये उपभोक्ताओं को सेटअप बॉक्स पर लिखा नम्बर के साथ ही रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर भी देना होगा पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिख रहा है ठंड में बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है उत्तरी और पश्चिमी हवा के कारण कनकनी बढ़ गयी है ठंड से पटना में तीन लोगों की मौत हो गयी है इधर दृश्यता सौ मीटर तक पहुंच गयी है जिसके कारण सड़क रेल और हवाई यातायात पर प्रभाव पड़ा है कई ट्रेने घंटों विलंब से चल रही है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों तक ब्रंदाब्रंदी की संभावना है इधर ठंड को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं तक की कक्षा नौ जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है वहीं कक्षा नौ से उपर की कक्षाएं सुबह साढ़े नौ बजे से चलाने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राजगीर में सिखों के पहले गुरू श्री गुरूनानक देव जी की स्मृति में भव्य गुरूद्वारा का निर्माण किया जायेगा

भाजपा के दिवंगत विधान पार्षद सुरज नंदन कुशवाहा की स्मृति में आज बिहार भाजपा की ओर से श्रद्दाजंलि सभा का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अश्विनी चौबे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे रेंट ए कैब स्कीम के तहत पटना में सत्तर रूपये प्रति घंटे किराये पर कार उपलब्ध होगी राज्य परिवहन विभाग ने इस सेवा की शुरूआत की है परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिये प्लेस्टोर में जाकर इस जूम कार एप को डाउनलोड करना होगा इसके लिये ऑनलाइन तीन हजार रूपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी गाड़ी वापस करने पर यह राशि लौटा दी जायेगी पूर्व मध्य रेल ने आरा और रांची के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है रेलवे के अधिकारिक सूत्र ने बताया कि आरा सासाराम रांची के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जायगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर से पटियाला जेल में प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी सीतामढी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के बरगछिया गांव में आग लगने से छह घर जल कर राख हो गये इस घटना में आधा दर्जन मवेशी भी जल गये बिहार मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरूष एकल का खिताबी मुकाबला आज भागलपुर के रितेश अक्षय और भागलपुर के ही मिथिलेश कुमार के बीच होगा पटना में आयोजित इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में रितेश ने मुजफ्फरपुर के के पी प्रभाकर और मिथिलेश ने पटना के अजय कुमार को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया बिहार बैडमिंटन संघ के सूत्रों ने बताया कि पचपन वर्ष आयु वर्ग में पटना के नीरज कुमार और पटना के ही प्रिद्ष इंदवार के बीच फाइनल मुकाबला होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान शीर्षक है मुंबई की विशेष अदालत ने शराब कारोवारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया एक अन्य खबर पर अखबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखता है राजगीर में गरूद्वारा का निर्माण ग्यारह जनवरी से

अब तक मर चुके हैं तीन हजार मुर्गे मुर्गियां

बूंदाबांदी की संभावना